शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह ने आज दिए फैसले में तीनों आरोपियों चंद्र शर्मा तेजेन्द्र सिंह और विक्रांत बख्शी को आईपीसी की दो दो धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी माना इस मामले में छः अगस्त को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था

युग मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी रणदीप सिंह परमार ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और कहा कि ये फैसला अपराधियों के लिए एक सीख है शिमला जिला व सत्र न्यायालय के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है

फैसला सुनाए जाने के वक्त युग के माता पिता और रिश्तेदारों के अलावा इस मामले में मौत की सजा पाने वाले तीनों अपराधियों के परिजन भी अदालत में मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को विकास के शिखर पर देखने की परिकल्पना साकार करने के लिए सभी को उत्साह समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री आज शिमला में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव है उन्होंने पोषण अभियान की शुरूआत घर से ही करने और इसे जन आंदोलन का रूप देने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने अभियान की निरंतरता के लिए तंत्र विकसित करने की बात कही ताकि योजना की निरंतरता बनी रहे और ये अपना लक्ष्य हासिल कर सके मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि समिति अभियान के लक्ष्यों पर नजर रखेगी और वह स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल ने इस मौके पर कहा कि पोषण कार्यक्रम के पीछे प्रधानमंत्री की सोच एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है मंत्रिमण्डल प्रदेश सरकार ने वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के जुब्बल में अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय भी लिया शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस आज प्रदेश भर में ध्रमधाम से मनाया गया और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिक्षकों को बधाई देते हुए मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया और कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यों संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी निजी छवि बनाने में सक्षम बने मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता करार दिया और कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों में उच्च नैतिक मूल्यों का प्रवाह कर उनके जीवन की मजबूत नींव रखते है जीएसटी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवाकर जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने का फॉर्म जारी कर दिया है

तरूण कपूर आज नाहन में परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे